प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक स्थिति संतोष से कहीं दूर है

इनमे निज़ामुद्दीन जमात से लौटे पांच व्यक्ति भी शामिल है आज देश में राम नवमी पर लोगों ने घरों में रह कर पूजा अर्चना की

उन्होंने जरूरी दवाओं और डाक्टरी उपकरणों की आपूर्ति दवाइयां बनाने के लिए कच्चे माल की उपलब्धता बनाये रखने की जरूरत पर भी प्रकाश डाला

डाक्टरों की संख्या बढ़ाने के लिए उन्होंने राज्यों को कहा कि आय्ष डॉक्टरों की सेवायें ली जाये और ऑन लाइन प्रशिक्षण दिया जाये इसके अलावा पैरा मेडिकल स्टाफ और एनसीसी और एनएसएस के वलंटियरों की सेवायें भी ली जाये प्रधानमंत्री ने चेतावनी दी कि वैश्विक स्थिति संतोष से कही दूर है और क्छ देशों में इस वायरस के और फैलने की संभावनाओं की भविष्यवाणी बारे भी बताया सांझी कार्रवाई की महत्ता पर ज़ोर देते हये प्रधानमंत्री ने जिला स्तार पर संकट प्रबंधन समूह गठित करने और जिला चौक्सी अधिकारियों की निय्क्ति बारे बातचीत की उन्होंने कहा कि बैंको में भीड़ को कम करने के लिए लाभार्थियों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत राशि जारी की जाये श्री मोदी ने कहा कि ये फसल की कटाई का समय है कि सरकार ने तालाबंदी में कुछ ढील दी है लेकिन जिनता संभव हो सके सामाजिक दूरी बनाये रखा और निगरानी अत्यावश्यक है प्रधानमंत्री ने कहा कि तालांबदी खतम होते समय यह सुनिश्चित करने के लिए कि एक दम लोगों की भीड़ नहो इसके लिए एक सांझी रणनीति बनाना जरूरी है मुख्यमंत्रियों ने इस संकट की घड़ी में प्रधानमंत्री की योग्य लीडरशिप मार्गदर्शन और समर्थन पर प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया

एक पोजिटिव मामला आज रोहतक में सामने आया है

ये लोग हरियाणा के पांच जिलो से मिले है और इनमे विदेश से आने वालों के पासपोर्ट जब्त किये गये है

अम्बाला से हमारे संवाददाता ने बताया कि अम्बाला में तबलीगी मरकज से आये जमातियों से दो व्यक्ति पोजिटिव पाये गये है ये अम्बाला छावनी की एक मस्जिद में रूके हये थे

यहां क्ल चार लोगों को निगरानी में रखा गया था महाराष्ट्र रहने वाले जमाती की नाजूक हालत को देखते हये उसे पीजीआई चंडीगढ़ रैफर किया गया है

उपायक्त नरेश नरवाल ने हंचपूरी महलूका द्रैंची मठेप्र शांयसा गांवों के सरपंचों को लाहपरवाही बरतने के कारण निलंबित कर दिया है इन गांवों के नंबरदारों व चौकीदारों को कारण बताओं नोटिस जारी किये गये है हथीन थाना क्षेत्र के डयूटी मैजिस्ट्रेट को भी जवाब तलब किया गया है

नूंह से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में निज़ाम्द्दीन में हई जमात से पहंचे लोगों की पहचान कर ली गई है स्थानीय लोगों को राजकीय पॉलीटैक्नीक कालेज मालब मे रखा जायेगा जबकि विदेशी मुल में जमातियों को संसुद्दीन रेहगा के हास्टल में रखा जायेगा ये जानकारी प्लिस अधीक्षक और सिविल सर्जन के हवाले से दी गई है

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य सरकार ने राज्य में टेली मेडिसन सेवायें आज से श्रू करने का फैसला किया है ताकि उन लोगों को स्वास्थ्य म्हैया कराई जा सके जो अस्पताल में असमर्थ है

इस अवसर पर आज चंडीगढ़ में उप म्ख्यमंत्री दृष्यंत चौटाला और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भी उपस्थित रहे मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया कि हालांकि इस समय राज्य में पीपीआई किट का पर्याप्त भंडार है और इसके अलावा दो लाख पचास हजार किट का आर्डर दिया गया है इस तरह की किटों का आयात के विकल्पों पर विचार किया जाना चाहिए

हरियाणा के मुख्यमंत्री ने केन्द्र सरकार को चार हजार रूपये की नकदी ऋण सीमासीसीएल की अदायगी स्थगित करने को कहा है कि भारतीय रिज़र्व बैंक को इस पर गौर करना चाहिए पंचक्ला में भी तबलीगी जमात के दो लोगों की आईलेशन वार्ड में रखा गया है आज देश भर में रामनवमी का त्यौहार श्रद्वा एवं विश्वास के साथ मनाया गया लोगों ने घरों में ही रहकर प्जा अर्चना की हरियाणा में मंदिरों में प्जारियों ने भगवान राम की पूजा की